सीबीआई ने कोलकाता स्थित पूर्वी जोन के केन्द्रीय जीएसटी उपायुक्त नवनीत कुमार उर्फ राजेश कुमार शर्मा के खिलाफ फर्जीवाड़े की प्राथमिकी दर्ज की है सीबीआई को जांच में उनके मैट्रिक बीए के शैक्षणिक और जन्म प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं उन पर मैट्रिक और इंटर परीक्षा दो बार देने का आरोप है नवनीत कुमार पश्चिम चम्पारण जिले के चनपटिया थाने के तुरहापट्टी के गरबूहा गांव के रहने वाले हैं नवनीत कुमार दो हजार आठ बैच के आईआरएस अधिकारी हैं पटना के प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने कहा है कि सरकार जल जमाव का पानी निकालने के लिए तेईस पम्प खरीदेगी उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में जल जमाव की स्थिति की समीक्षा करते हये कहा कि पटना नगर निगम के सभी अंचलों के लिए तीन तीन त्वरित कार्रवाई टीम गठित की गयी है यह टीम शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई करेगी उन्होंने हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह छह चार चार पर और मोबाइल नम्बर नौ दो छह चार चार सात चार चार नौ पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं इसके अलावा टेलीफोन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो तीन शुन्य शुन्य शुन्य नौ पर भी लोग संपर्क कर सकते हैं यह फोन नम्बर सुबह छह बजे से रात बारह बजे तक काम करेगा हेल्पलाईन पर मिलने वाली शिकायतों की समीक्षा खुद आयुक्त करेंगे इस बीच सरकार ने सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन के बीच बन रहे नाले के निर्माण पर रोक लगा दी है पटना जिला प्रशासन और पटना नगर निगम ने जल जमाव वाले क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के लिए अभियान तेज कर दिया है राजधानी की साठ कॉलोनियों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है पीएमसीएच में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है इस बीच प्रशासन ने बीमारियों की रोकथाम के लिए अठारह अक्तूबर तक घरों में सिंथेटिक पैराथ्राईड का छिड़काव करने का निर्णय लिया है पन्द्रह अक्तूबर तक ब्लीचिंग और चूने के मिश्रन का भी छिड़काव किया जायेगा इफको ने डीएपी समेत अन्य उर्वरकों का खुदरा मूल्य प्रति पेकैट पचास रूपये कम कर दिया है इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने बताया कि कच्ची सामग्री और तैयार उर्वरकों के दाम में वैश्विक स्तर पर आ रही कमी को देखते हये यह निर्णय लिया गया है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि अगले पांच वर्षो में भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि और इससे जुड़ी सहकारी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं नई दिल्ली में प्रगति मैदान में पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का उद्घाटन करते हये उन्होंने कहा कि सहकारी संस्कृति भारत के लिए नई नहीं है और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है इस मौके पर बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इस तरह के मेले से किसानों शिल्पकारों और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों का मनोबल बढ़ेगा और सहकारी उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि तीन जिलों की नौ सड़क योजनाओं के लिए पैंसठ करोड़ तीस लाख रूपये मंजूर किये गये हैं उन्होंने कहा कि इसके तहत छह उच्च स्तरीय आरसीसी पुल और लगभग सत्रह किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया जायेगा श्री यादव ने कहा कि यह योजनाएं पश्चिम चम्पारण मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिले की हैं राज्य के मंत्री विधायक विधान पार्षद तथा अन्य जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों को विदेश जाने के कम से कम तीन सप्ताह पूर्व केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी होगी केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के निदेशक ने राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा है गौरतलब है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को विदेश जाने के पहले पॉलिटिकल क्लीयरेंस एफसीआरए क्लीयरेंस समेत अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ती है मुजफ्फरपुर के एईएस प्रभावित प्रखंडों में शिविर लगाकर प्रभावित परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा जिले के मुसहरी बोचहां कांटी मीनापुर और मोतीपुर प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर शिविर लगाकर यह कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल अन्तर्गत हरिद्वार लक्सर रेलखंड पर दोहरीकरण का कार्य होने के कारण बिहार से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है रेलवे ने पन्द्रह और अठारह अक्तूबर को उपासना एक्सप्रेस और सोलह से बाईस अक्तूबर तक हरिद्वार हावड़ा कुम्भ एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया है वहीं कई रेलगाड़ियों का आंशिक समापन दूसरे स्टेशनों पर किया जायेगा श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यूवकों को अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान स्टाईपेंड दिया जायेगा पटना में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि अब हर जिले में नियोजन मेला आयोजित किये जायेंगे जिसमें युवाओं को सरकार की रोजगारमुखी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी श्री सिन्हा ने कहा कि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए नियोक्ताओं के चयन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की जायेगी समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है इस मौके पर राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मुख्य समारोह कंकड़बाग स्थित लोहिया पार्क में आयोजित किया जायेगा स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के छत्तीस सदर अस्पतालों में स्पीच पैथोलॉजिस्ट सह ऑडियोलॉजिस्ट और ऑडियोग्राफर नियुक्त करेगा विभाग ने सरकार से अनुमति मिलने के बाद बहत्तर पदों की सजृन किया है सीबीएसई ने पटना के विभिन्न स्कूलों के सत्तर शिक्षकों के निलंबन का आदेश पटना क्षेत्रीय कार्यालय को दिया है इन शिक्षकों पर दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच में गड़बड़ी करने का आरोप है मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में मिलावटी और खुले में बिक रही खाने पीने की सामग्री के कारण गैस्ट्रोइंटाइटिस की बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है सदर अस्पताल सहित क्षेत्र के कई अस्पतालों में इस बीमारी के मरीज भर्ती हुए हैं इधर अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड के परवाहा और सैफगंज इलाके में डायरिया के प्रकोप से बीस से अधिक बच्चे बीमार हैं प्रभावित इलाके में चिकित्सकों की टीम पहुंचकर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रही है मिथिला रेंज के आइ जी पंकज कुमार दराद ने बताया कि दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर जिले में पिछले एक सप्ताह में पांच हजार पांच सौ अठासी लीटर विदेशी शराब जब्त की गयी है इसके साथ ही अवैध शराब कारोबार में कई तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है सूपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में पूलिस ने एक घर पर छापेमारी कर चार सौ अठहत्तर बोतल विदेशी शराब बरामद की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात की खबर को सूर्खी बनाते हये लिखा है जिनपिंग से आंतक व्यापार पर चर्चा दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक लगाया है तनाव खत्म कर भरोसा बढ़ाने में जुटे मोदी शी दैनिक भास्कर ने राजधानी में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से जूड़ी खबर का शीर्षक लगाया है तीन सौ साठ सैंपल की जांच में एक सौ इकहत्तर को निकला डेंगू इनमें राजधानी के ही एक सौ पचपन मरीज प्रभात खबर की सुर्खी है पटना में जल जमाव की जांच को लेकर विवाद इसके अलावा अखबारों ने प्रधान डाकघर घोटाले में दर्ज की गयी एफआईआर उप चुनाव में वामदलों की एकता बिखरी आदि खबरों को प्रमुखता दी है